हादसे में इकसठ लोग मारे गये जबकि सत्तर से अधिक घायल

पंजाब के अमृतसर में कल शाम ट्रेन से कट कर हुई द्र्घटना में बिहार के पांच लोगों की मृत्यु हुई है अब तक हादसे में कुल इकसठ लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है हादसे के दौरान मची भगदड़ में कुचल कर कई बच्चों की मौत हो गयी मृतकों में जिन लोगों की पहचान हुई है उनमें से पांच लोग बिहार के रहने वाले हैं स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से जारी मृतकों की सूची के अनुसार सबसे अधिक भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र के तीन लोगों की मृत्यु हुई है जबकि एक एक व्यक्ति पटना और गोपालगंज जिले का रहने वाला बताया जाता है मृतकों की पहचान भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के जतिंदर दास और उनके पुत्र शुभम तथा शिवम पटना जिले के घोसवरी थाना क्षेत्र निवासी सतीश कुमार और गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र निवासी चंद्रिका यादव के रूप में हुई है सत्तर से अधिक लोग घायल हुये हैं जिनका अमृतसर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है यह दुघर्टना उस समय हुई जब रावण दहन देखने के लिए आई भीड़ रावण के पुतले में आग लगने के बाद पटाखे छूटते समय तितर बितर होकर रेल पटरियों पर पहुंच गई और चलती ट्रेन की चपेट में आ गई पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने मारे गये प्रत्येक व्यक्ति के निकट संबंधी को पांच पांच लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गये प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को दो दो लाख रूपये और घायलों को पचास पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है उन्होंने घायलों को तत्काल सहायता देने का भी निर्देश दिया है इधर राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्मंत्री सुशील कुमार ने रेल हादसे में मारे गये लोगों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि दुर्घटना में प्रदेश के हताहत हुये लोगों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से भी एक एक लाख रूपये की सहायता राशि दी जायेगी रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने अमृतसर में कल हुई रेल दुर्घटना के लिए दशहरा आयोजकों को दोषी ठहराया है श्री सिन्हा ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी जरूरी होती है लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया बाईट पूरा रेलवे प्रशासन घायलों की मदद में बेहतर से बेहतर क्या इंतजाम कर सकते हैं हम उसमें लगे हुए है

भाजपा के दिवंगत सांसद भोला सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कल दोपहर बारह बजे बेगूसराय में गंगा नदी के सिमरिया घाट पर किया जायेगा गौरतलब है कि लंबी बीमारी के बाद उन्यासी वर्ष की आयु में भोला सिंह का कल नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था बेगूसराय जिले में गढ़पुरा प्रखंड के दुनही गांव में जन्मे भोला सिंह अपने समाजवादी विचारों के लिए जाने जाते थे एक रिपोर्ट बाईट अपनी बेबाक बातों और गरीबों के हित की हिमायत के लिए भोला सिंह को हमेशा याद किया जायेगा पहली बार वर्ष उन्नीस सौ सडसठ में निर्वाचित होने के बाद वे आठ बार बिहार विधान सभा के सदस्य रहे वे दो बार कांग्रेस के नेतृत्व वाली और एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे उन्होंने प्रदेश के गृह राज्य मंत्री शिक्षा मंत्री और नगर विकास मंत्री के पदों को भी सुशोभित किया

आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से अनुज कुमार सिन्हा इधर दिवंगत सांसद का पार्थिव शरीर नई दिल्ली से पटना पहुंचने पर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अश्विनी कुमार चौबे सहित गणमान्य नेता उपस्थित थे विधानसभा परिसर में भी भोला सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सहित विभिन्न दलों के विधायकों और नेताओं ने श्रद्वांजलि अर्पित की राज्यपाल लालजी टंडन विधान परिषद के उपसभापति हारूण रशीद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है कल सिमरिया घाट पर अंतिम संस्कार में भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव प्रदेश अध्यक्ष नित्यांनद राय उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के अलावा राज्य तथा कोन्द्र के कई मंत्री विधायक और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे सांसद भोला सिंह के सम्मान में भाजपा ने दो दिन का राज्य शोक किया है आज और कल पार्टी के सभी सांगठनिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने दिनदहाड़े पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी को घायल कर छह लाख रुपये लूट लिये पुलिस सूत्रों ने बताया कि गाढ़ा गांव स्थित पेट्रोल पंप का कर्मचारी बिक्री के छह लाख रुपये जमा करने पास के सेंट्रल बैंक में जा रहा था तभी बैंक गेट के पास दो मोटरसाइकिल पर सवार छह अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों के घरों में रसोई गैस कनेक्शन पहुंचने से महिलाओं में विशेष प्रसन्नता देखी जा रही है हमारे समस्तीपुर संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट बाईट संवाददाता जिले में बडी संख्या में गरीब परिवारों विशेष कर अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को उज्ज्वला रसोई गैस योजना का लाभ मिला है कल्याण पुर प्रखंड के मिर्जापुर गांव के सुरेश पासवान बताते हैं कि पहले जलावन के ईंधन परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाते थे

मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिलने से परिवारों के जीवन में खुशहाली आयी है आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार गुजरात के साबरकांठा में पिछले दिनों चौदह माह की एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी को बिहार में बक्सर जिले के धनसोई थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है गौरतलब है कि गुजरात के साबरकांठा में अठाइस सितम्बर को एक बच्ची से दुष्कर्म के बाद गैर गुजरातियों खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर हमले हुए थे प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शांतिपूर्वक जारी है इधर सीतामढ़ी जिले के नगर थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन को लेकर दो गुटों के बीच तनाव के बाद मुरलियाचक और मधुबन गांव में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है पुलिस महानिरीक्षक उपमहानिरीक्षक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाये हुये हैं मधुबनी जिले के भैरवस्थान थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान कमला नदी में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई है पूर्णिया जिले के मोहनपुर ओपी के फेकनवासा में भूमि विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में एक बच्ची घायल हो गयी जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है बेगूसराय के नावकोठी के पहसारा से पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो देशी और एक ऑटोमेटिक पिस्तौल सोलह कारतूस और एक चाकू बरामद किया गया है अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र के बिथरा गांव में छत गिरने से दबकर एक मजदूर की मौत हो गई पूर्णिया मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के महेंद्रपुर में लूट की मोटरसाइकिल के साथ दो अपराधी को देशी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया

हादसे में इकसठ लोग मारे गये जबकि सत्तर से अधिक घायल